इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नवनिर्मित सौघ के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका जल्द और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित कर ऐसा कर सकती है श्री नायडू ने कहा कि साइबर अपराधों ने न्यायशास्त्र के लिए नई चुनौतिया पैदा की हैं श्री नायडू ने कहा कि न्यायालयों ने साइबर अपराधों के खतरे को महसूस किया है और इनसे निपटने के लिए अपने को तैयार किया है बड़ी संख्या में लवित मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोक अदालतों ग्राम न्यायालयों और त्वरित न्यायालयों जैसे नये विकल्पों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने बीटीसी परीक्षा वर्ष दो हज़ार पन्द्रह के चौथे सेमेस्टर के प्रश्नपत्र लीक होने के सिलसिले में आज दो अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया है दोनों अभियुक्त आशीष अग्रवाल और अरविन्द भार्गव इलाहाबाद नगर के रहने वाले हैं यह परीक्षा आठ अक्टूबर को कराई जानी थी लेकिन परीक्षा शुरू होने से एक दिन पूर्व ही पहला प्रश्नपत्र वाट्स ऐप वायरल हो गया था इसके बाद दूसरे से आठवें प्रश्नपत्रों के वायरल होने की ख़बर आने लगी जिससे एसटीएफ हरकत में आ गया और पुलिस महानिरीक्षक अमिताम यश ने एसटीएफ इकाई इलाहाबाद और वाराणसी को अभिसूचना संकलन और अभियुक्तों की तलाश के लिए निर्देशित किया था कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्चा लीक होने के प्रकरण के बारे में एसटीएफ और पुलिस विमाग के अधिकारियों को दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये थे उन्होंने कहा था कि दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी और सम्पत्ति क्रर्क की जाये श्री योगी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया था कि पर्चा लीक प्रकरण में दोषी पाये जाने पर गिरोह के सर्गना के विरूद्व राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून एनएसए की कार्रवाई भी की जायेगी

इन दोनों परीक्षाओं का परिणाम दस दिसम्बर दो हजार अट्ठारह तक घोषित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रिक्त अड़सठ हजार पांच सौ शिक्षकों की भर्ती परीक्षा पारदर्शितापूर्ण ढंग से कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं इसके मद्देनजर ग्यारह से पच्चीस दिसम्बर दो हजार अट्वारह के मध्य भर्ती परीक्षा हेत् ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे शिक्षकों की भर्ती हेतु परीक्षा छः जनवरी दो हजार उन्नीस को आयोजित की जाएगी प्रदेश सरकार ने आज भारतीय पुलिस सेवा के चार अधिकारियों का तबादला कर दिया है एटीएस लखनऊ में तैनात पुलिस अधीक्षक जोगेन्द्र कुमार को अखिलेश कुमार चौरसिया के स्थान पर फैजाबाद का नया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है श्री चौरसिया को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है सत्ताईसवीं वाहिनी पीएसी सीतापुर में तैनात पुलिस उप महानिरीक्षक सत्येन्द्र कुमार सिंह को एटीसी सीतापुर का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है लखनऊ के पीएसी मुख्यालय में तैनात पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह अब सत्ताईसवीं वाहिनी सीतापुर के सेनानायक होंगे

प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्वालु मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्माण्डा की पूजा अर्चना कर रहे हैं शक्तिपीठों और मंदिरों में सुबह से ही देवी दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ हुयी है बलरामपुर जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ में श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है मिर्ज़ोपुर के विन्यांचल धाम का माहौल श्रद्वालुओं के जयकारों से भक्तिमय है अब तक भारी संख्या में श्रद्वालु मॉ विन्ध्यवासिनी देवी की पूजा अर्चना कर चुके हैं उधर सीतापूर के नैमिषारण्य में मॉ ललिता देवी मंदिर और सहारनपूर में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित मॉ शाकुम्मरी र्दवी मंदिर पर भी श्रद्वालुओं की भीड़ है वाराणसी के दुर्गाकुंड में मां के दर्शन और पूजन का कम जारी है गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मां तरकुलहा देवी मंदिर बुढ़िया माई मंदिर नई बाजार स्थित बंजारी देवी मंदिर नेकवार के काली माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोग श्रद्वाभाव से दर्शन में लीन हैं महराजगंज जिले के आद्रवन में लेहड़ा देवी मंदिर में ब्रह्मुहूर्त से ही पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है